अल्ट्रासाउंड मशीनों पर जीपीएस ट्रैकर लगाने को कहा

अन्य क्षेत्रों में भी रैंकिंग सुधारने को कहा स्लग जलशक्ति अभियान जल संचय और संरक्षण के उपायों में तेजी लाने के लिए आज से देशभर में जल शक्ति अभियान की शुरूआत की गई है इस कार्यक्रम का उद्देश्य पानी बचाने और सिंचाई के दौरान इसके किफायती इस्ते माल को प्रोत्साहित करना है इसके अंतर्गत तलाब और जल संचय इकाई जैसी परिसम्पत्तियों का निर्माण और जागरूकता अभियान पर बल दिया जाएगा जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में इस अभियान का शुभारंभ किया इस मौके पर उन्होंने बड़ी संख्या में लोगों से इस अभियान से जुड़ने की अपील की

श्री शेखावत ने कहा कि पानी का संरक्षण हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता है उन्होंने कहा कि जल संरक्षण अभियान को जन आंदोलन बनाने का समय आ गया है उन्होंने बताया कि हमारा देश जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले देशों में से एक है भारत में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता में बहुत कमी आई है

वर्षा जल बेकार चला जाता है जबकि देश में जल संकट सामने दिखाई दे रहा है हालांकि कई राज्यों ने जल संचय का कार्य भी किया है देश में राष्ट्रीय जल संसाधन के सरंक्षण के उपायों की योजना बनाने और जल शक्ति अभियान में समन्वय करने के लिए के लिए अपर और संयुक्त सचिव स्तर के करीब ढाई सौ अधिकारियों को पानी की कमी वाले जिलों का प्रभारी नियुक्त किया गया है ये अधिकारी दो सौ पचपन चुने हुए जिलों और पानी की कमी वाले प्रखंडो में जाएंगे वहां वे जल संचय और संरक्षण उपायों से जुड़े कार्यों की देखरेख करेंगे

नैनीताल विधायक संजीव आर्य और मेयर जोगेंद्र पाल समेत वन विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने पौधरोपण कर अभियान की शुरुआत की जलशक्ति अभियान को सफल बनाने के लिए जागरुकता वाहन को हरी इंडी दिखाकर रवाना किया नैनीताल को पूरे प्रदेश में जलशक्ति अभियान के लिए चुना गया है कल मन की बात कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण पर चर्चा की थी इस अभियान के तहत हल्द्वानी में एक जुलाई से पंद्रह सितंबर तक जल संरक्षण से जुड़े कई कार्य प्रस्तावित हैं इसके तहत वॉटर होल्स रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और छोटे छोटे तालाब बनाने जैसे कार्य किये जाएंगे

अंतरराष्ट्री य बाजार में इसकी कीमतों में गिरावट को देखते हुए ऐसा किया गया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने एक विज्ञप्ति में बताया कि नई दरें आज से प्रभावी होंगी केन्द्री य पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने बताया कि अंतर्राष्ट्री य बाजार में कीमतों में गिरावट का फायदा आम लोगों तक पहुंचाया गया है

इससे देश में डिजिटल ट्रांजेक्शन में बढ़ोतरी होगी और पैसों का लेनदेन सुरक्षित होगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया से लोगों का सशक्तिकरण हुआ है भ्रष्टाचार पर प्रभावशाली अंकुश लगा है और गरीब लोगों तक सेवाएं पहुंचाने की व्यवस्था में सुधार हुआ है प्रधानमंत्री ने ट्वीट संदेश में कहा कि चार वर्ष पहले आज ही के दिन डिजिटल इंडिया की शुरूआत की गई थी इसका उद्देश्य तकनीक का इस्तेमाल और इसे लोगों के लिए सहज उपलब्ध कराना था स्लग जीएसटी सरकार वस्त और सेवा कर जी एस टी की दूसरी वर्षगांठ पर आज से प्रयोग के तौर पर नई रिटर्न व्यवस्था शुरू कर रही है इसे पहली अक्टूबर से अनिवार्य रूप से लागू कर दिया जायेगा वित्त मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष के लिए छोटे कर दाताओं के लिए सहज और सुगम रिटर्न का भी प्रस्ताव किया है

कर ब्याज जुर्माना शुल्क और अन्य मदों के लिए अब एक ही नगद लेजर होगा सरकार ने जी एस टी व्यवस्था में पिछले दो वर्षो में बहुत से सुधार किये हैं जिनमें करों की मात्रा और वस्तुओं को हटाना या जोड़ना शामिल हैं

स्लग रामदास अठावले केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास अठावले ने रविवार शाम नैनीताल में अधिकारियों के साथ केन्द्रीय योजनाओं की समीक्षा बैठक की इस अवसर पर केन्द्रीय राज्यमंत्री ने समाज कल्याण विभाग से संबंधित योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक अधिक से अधिक पहंचाने पर जोर दिया उन्होंने कहा कि सरकार से प्रस्ताव मिलने पर उत्तराखंड के बेरोजगारों को रोजगार दिलाने और औद्योगिक विकास में केन्द्र की ओर से पूरी मदद की जाएगी साथ ही उन्होंने कहा कि ओल्ड एज होम नशाबंदी योजना और अन्य योजनाओं से भी दिव्यागजनों और अन्य पात्र लोगों को लाभ दिया जाएगा

उन्होंने कहा कि सीएमओ के जरिये सभी जनपदों से अल्ट्रासाउण्ड मशीनों की सूची मांगी जाय

उन्होंने कहा कि अल्ट्रासाउण्ड मशीनों और अल्ट्रासाउण्ड करने वाले डॉक्टरों का पंजीकरण अनिवार्य है साथ ही अल्ट्रासाउण्ड मशीन निर्माता और आपूर्तिकर्ता दोनों फर्मो का पंजीकरण भी अनिवार्य किया जाय कन्या भ्रूण जांच रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने जिला स्तर पर गठित कमेटियों को अल्ट्रासांउट केन्द्रों का निरीक्षण करने के निर्देश दिये और कहा कि यदि कोई अवैध आईवीएफ सेंटर चल रहे हैं तो औचक निरीक्षण कर उनको सीज किया जाय

उन्होंने स्वास्थ्य पोषण शिक्षा क्रषि और कौशल विकास के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों को लेकर जिलाधिकारियों से बातचीत की उधमसिंहनगर और हरिद्वार नीति आयोग की आकांक्षी जनपदों की लिस्ट में शामिल हैं आयोग ने आकांक्षी जिलों में पिछले दो महीने में आए सुधार को लेकर दो दिन पहले डेल्टा रैंकिंग जारी की है

इसलिए प्रोत्साहन के तौर पर हरिद्वार को तीन करोड़ की अनटाइड धनराशि भी आवंटित की गई है मुख्य सचिव ने इसके लिए हरिद्वार के अधिकारियों को बधाई दी साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी रैंकिंग सुधारने के लिए तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए उन्होंने अधिकारियों को स्वास्थ्य पोषण शिक्षा और कौशल के क्षेत्र में लक्ष्य निर्धारित कर योजनाएं लागू करनो के कहा

पर्वतीय जनपद चम्पावत के खाद्यान्न गोदामों में पर्याप्त मात्रा में अनाज रखा गया है साथ ही जिलेभर की सरकारी राशन की दुकानों में अगले तीन महीने का खाद्यान्न भी उपलब्ध कराया गया है जिले की पूर्ति अधिकारी शिल्पी शुक्ला ने बताया कि मानसून सीजन में खाद्यान्न संकट न हो इसलिए सभी गोदामों में पर्याप्त मात्रा में राशन जमा कर दिया गया है इसके साथ ही पेट्रोल पम्प और गैस गोदाम में अतिरिक्त स्टॉक रखने के निर्देश भी दिये गये है राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में मानसून सीजन में भूस्खलन और मलबा आने से सड़क मार्ग बाधित हो जाता है ऐसी स्थिति में पहले से ही राशन का अतिरिक्त स्टॉक जमा कर लिया जाता है ताकि मानसून के दौरान खाद्य पदार्थों की दिक्कत न हो

जिसकी जानकारी पुलिस प्रशासन को सुबह लगी

सभी क्रिकेट मैच खेल कर घर वापस आ रहे थे सुबह सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन सेना आईटीबीपी और एसडीआरएफ टीम मौके पर रवाना हुई साथ ही पर्वतारोहण की टीम को भी भेजा गया